मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

उन्होंने कहा कि इसके क्रियान्वयन से विद्यार्थी किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि उनका व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान भी समृद्ध होगा नई शिक्षा नीति को अमल में लाने के लिये राज्य सरकार के सभी संबंधित विभागों ने कार्रवाई शुरू कर दी है

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में लगभग पचास लाख की वृद्धि हुई है उन्होंने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन काया कल्प के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है इससे शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पहली बार प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिये महानिदेशक बेसिक शिक्षा का पद सूजित किया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को भी बेहतर बनाया गया है माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित बोर्ड की परीक्षाओं को नकलविहीन बनाया गया है इससे शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है इसी तरह उच्च शिक्षा को भी सुदृढ़ करने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा निरन्तर कदम उठाये जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों को सभी जनपदों में स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्रों से जोड़ा गया है

उन्होंने कहा कि फीस को नियंत्रित करने के लिये शुल्क विनियमन अधिनियम लागू किया गया है प्रदेश सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए भंडारण सीमा तय कर दी है इस कदम का उद्देश्य लोगों को आसानी से प्याज उपलब्ध कराना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भंडारण पर रोक लगाने और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निदेश दिए हैं

यह सीमा दिसंबर के आखिर तक लागू रहेगी केवल आयातकों को इस सीमा से छूट रहेगी

स्टॉक लिमिट लागू करने से पहले व्यापारियों को तीन दिन का समय दिया जाएगा व्यापारियों को छंटाई और पैकिंग का काम तीन दिन में पूरा कर लेना होगा उसके बाद स्टॉक की सीमा लागू होगी प्रदेश के कुछ जनपदों में प्याज प्याज की कीमतों में अचानक आई उछाल को नियंत्रित करने के लिए ये प्रबंध किए गए हैं सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ भारत का लोक सेवा प्रसारक प्रसार भरती ने आज इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन तथा भू सूचना विज्ञान संस्थान के साथ एक समझौता किया है

इस समझौते का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में हर घर में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम पहुंचाना है

राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने अपने तीन दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान आज काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की इसके बाद उन्होंने विश्वनाथ कॉरीडोर धाम का निरीक्षण किया

मुख्यमंत्री ने उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिये हैं मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वोट करके आज यह जानकारी दी वर्तमान में उपायुक्त स्वतः रोजगार के पद पर बहराइच में तैनात सुरेन्द्र कुमार गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने हरदोई के ब्लाक अहिरोरी में खंड विकास अधिकारी के पद पर रहते हुए शासकीय धन का अनियमित तरीके से भुगतान करके गड़बड़ी की कुशीनगर जिले के कप्तानगंज कस्बे में आज सुबह अवैध पटाखा गोदाम में आग लगने से तीन लोगों की मौत हो गई जबकि इस घटना में दस लोग गंभीर रूप से झुलस गये हैं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है उन्होंने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है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

सरकार और विभिन्न संगठनों के संयुक्त प्रयास से कोरोना पर काफी नियंत्रण पाया गया है और इससे मरने वालों की दर एक दशमलव चार नौ प्रतिशत रह गई है देशभर में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और केन्द्र द्वारा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को कोविड सम्बन्धी समय समय पर दिये गये दिशा निर्देशों के साथ ही चिकित्सकों और कोरोना योद्वाओं के संयुक्त प्रयास से देश में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर लगातार बेहतर हो रही है

उन्होंने बताया कि कल एक दिन में एक लाख छियालीस हजार नौ सौ पनचानवें सैम्पल की जांच की गई और अब तक राज्य में कुल डेढ़ करोड़ से अधिक सैम्पलों की जांच हो चुकी है उन्होंने बताया फोकस सैम्पलिंग अभियान के तहत आज इलेक्ट्रानिक दुकानों एवं व्हैकल शोरूम के समस्त कर्मचारियों की जांच करके कोविड संक्रमित लोगों की पहचान की जा रही है

अभियान के अन्तर्गत सचल प्रदर्शनी को फूलपुर सांसद केशरी देवी पटेल ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर श्रीमती पटेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है और जरा सी भी लापरवाही बरतने पर इसके घातक परिणाम हो सकते हैं उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दो गज की दूरी मास्क और अपने हाथों की साफ सफाई बहुत जरूरी है इस अवसर पर विभाग के सहायक निदेशक आरिफ हुसैन रिजवी ने कहा कि दस दिवसीय जागरूकता अभियान के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सचल प्रदर्शनी माइकिंग बैनर पोस्टस स्टीकर हैण्डबिल्स सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रतियोगितायों के माध्यम से जनमानस को कोरोना के प्रति जागरूक किया जायेगा पति की लम्बी आयु की कामना के साथ करवाचौथ का त्यौहार आज धूमधाम से मनाया जा रहा है आज के दिन सुहागिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर पति की लम्बी उम्र के लिये माँ पार्वती भगवान गणेश समेत पूरे शिव परिवार की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करती है तथा कथा सुनती है रात को चाँद निकलने पर चन्द्रमा को अर्घ देकर यह व्रत खोला जायेगा करवाचौथ के व्रत पर आज बाजारों में भी चहल पहल है विवाहित महिलाएं करवा और पूजा की सामग्री के साथ साजो श्रंगार के सामान की खरीदारी कर रही है करवाचौथ का त्यौहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता है सभी विवाहित महिलाओं को साल भर इस त्यौहार का बेसब्री से इंतजार रहता है करवाचौथ का व्रत हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्णपक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है मुजफ्फरनगर में आज हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया

मेरठ के कस्बा मवाना की ज्योति प्रथम विजेता रही वहीं प्रयागराज की सविता पाल द्वितीय और मुजफ्फरनगर की अर्पिता सैनी तीसरे स्थान पर रही पुरूषों की मैराथन दौड़ में सहारनपुर के प्रिंस ने पहला स्थान पाया

समाप्त